वहीं अब तक दो सौ पैंतीस लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है भोपाल में संक्रमित मरीजों की संख्या सौ से ज्यादा हो गई है वहीं प्रदेश भर में मरीजों की संख्या साढ़े चार सौ से ज्यादा हो गई है भोपाल में आज तबलीगी जमात के चौसठ सदस्यों सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वहीं जबलपुर कलेक्टर ने ट्रैवल हिस्ट्री से संबंधित जानकारी देने के लिए गूगल पर एक फॉर्म तैयार किया है ताकि बाहर से आने वाले लोग अपनी जानकारी स्वयं दे सकें उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक वीडियो संदेश के जरिए बताया कि कोरोना संकमण रोकने के लिए प्रदेश के कुछ शहरों को पूरी तरह से सील किया गया है उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील की

खण्डवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने भी इस फैसले का स्वागत किया है

जिसमें लोगों से घर में रहने की अपील की है

मुरैना जिले मे लाकडाउन के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है गुना के जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने एक हजार से अधिक मास्क बनवाकर वितरित किये हैं होशंगाबाद में अब तक छह सौ नब्बे लोगों को कोरेनटीन किया गया है वहीं हॉटस्पाट घोषित किये गये क्षेत्रों की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है सागर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उस क्षेत्र के घरों और गलियों को तत्काल सेनेटाइज करने के निर्देश दिये गये हैं जबलप्र में सांसद राकेश सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्थितियों की समीक्षा की बैतूल में पुलिस और जिला पंचायत विभाग को आयुष विभाग की तरफ से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधि का वितरण किया जा रहा है अनूपप्र में जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है धार में पटवारी पद पर तैनात मोहन सिंह बुंदेला अपने साथियों के साथ प्रतिदिन दो सौ लोगों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं नीमच में पश्चिम रेलवे रतलाम मण्डल के डीजल शेड में अब तक एक हजार लीटर हैण्ड सेनेटाइजर का निर्माण किया गया है शिवपुरी में जनधन खाताधारक महिलाओं को पैसा निकालने के लिए सोशल डिस्टेसिंग की सुविधा प्रदान की गई है नरसिंहपुर में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया अशोकनगर में प्रत्येक विद्यार्थी को डेढ़ सौ ग्राम मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है उमरिया में पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज जी जनार्दन ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया

रायसेन में बाहर से आये व्यक्ति की सुचना नहीं देने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है सीहोर में एसपी अपने स्टाफ के साथ गाना गाकर लोगों का उत्साह बढा रहे हैं

इसे व्हाट्सएप इन्फोडेस्क और फेसबुक मैसेंजर चैटबॉट नाम दिया गया है

वहीं मैसेन्जर चैटबॉट की मदद से भी कोरोना संकमण से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है पर्व निर्देश केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी त्यौहार के दौरान सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति न दी जाए मंत्रालय ने कानून व्यवस्था शांति और सदभाव बनाये रखने के साथ ही राज्यों से कहा है कि वे आपत्तिजनक और फर्जी खबर पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखें भारत पढ़े ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है श्री निशंक ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभाओं को ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है

सिवनी में मौसम में अचानक आये बदलाव से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई कई इलाकों में फसलें खराब हो गईं और गेहूं के दाने काले पड़ जाने की आशंका है वहीं गुना में लोगों को लोगों को गर्मी के तीखे तेवर का सामना करना पड़ा